युवा कार्य और खेल मंत्रालय देश के प्रत्येक कोने से प्रतिभावान खिलाडियों की खोज करेगा राज्य को मिला वर्ल्ड एजूकेशन लीडरशिप अवार्ड

बैठक में यह तय किया गया कि जब तक पार्टी के नियमित अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता तब तक सोनिया गांधी इस पद की जिम्मेदारी संभालेगी यह जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कार्यसमिति की बैठक में सर्वसम्मति से तीन प्रस्ताव पारित किए गए कार्यसमिति ने राहल गांधी के नेतृत्व की प्रशंसा भी की और राहल गांधी का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया इस बीच कल पहले चरण की बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवाददाताओं से बातचीत में खूद को पार्टी प्रमुख की दौड़ से बाहर बताया उन्होंने कहा कि वे उन नेताओं में नहीं है जो पार्टी प्रमुख के लिए अपना नाम आगे बढ़ाते हैं

राजौरी डोडा पूंछ रामबन तथा किश्तवाड़ जिलों में प्रतिबंधों में ढील दी गई प्रतिबंध में ढील की अवधि के दौरान स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही और कही से अप्रिय घटना की खबर नहीं है जम्मू क्षेत्र के पांच जिलों में सभी स्कूल और कॉलेज खुले

कल उन्होंने ईद की तैयारियों और श्रीनगर शहर के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की श्री मलिक ने कहा कि प्रशासन ईद की तैयारियां और लोगों को अधिकतम सुविधाएं सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है

इस बीच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार घाटी की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और कुछ क्षेत्रो में दुकाने भी खुली हें

श्री शेखावत ने कल जोधपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि पिछले पांच साल में मोदी सरकार की विदेश नीति के कारण पाकिस्तान विश्व में हाशिए पर खड़ा है

लेकिन यूएन ने इसको खारिज कर दिया और अब पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है

यह सीट भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी के निधन के कारण खाली हुई है

सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक सतीश पूनियां ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इसके साथ ही कल से सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरूआत भी की जाएगी

यह जानकारी देते हुए युवा कार्य और खेली मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने इसके लिए देश के विभिन्न भागों में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं श्री रिजिजू ने बताया कि उनका मंत्रालय विभिन्न खिलाडियों द्वारा चलाई जा रही खेल अकादमियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है

रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा असैनिक अधिकारियों को यह सुविधा देने के हाल के आदेश के अनुरूप ये व्यवस्था की गई है अभी सीसीएल रक्षा सेनाओं की महिला अधिकारियों को ही मिलती है

वे कल चूरू के सुजानगढ़ में जलदाय विभाग और आपणी योजना के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे थे उन्होंने कहा कि सुजानगढ़ की ढाणियों में रहने वाले लोगों को हिमालय का मीठा पानी मुहैया कराने के लिए आपणी योजना स्वीकृत की गई है और इसका समुचित लाभ मिलना चाहिए उन्होंने कहा कि हालांकि इस योजना में पीने के लिए मीठे जल की आपूर्ति की जा रही है लेकिन इससे जुड़े गांवों में पानी के परम्परागत स्रोतों की भी समुचित देखभाल की जानी चाहिए

कल नई दिल्ली में आयोजित चौदहवीं वर्ल्ड एजूकेशन समिट में प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्यमंत्री भंवर सिंह भाटी ने यह अवार्ड प्राप्त किया प्रदेश को कॉलेज शिक्षा में भी नवाचार के लिए सम्मानित किया गया कार्यक्रम में श्री भाटी ने राज्य में तीसरे हायर एजूकेशन एण्ड एचआर कॉन्क्लेव के नवम्बर में आयोजन की घोषणा भी की उन्होंने इसके लिए सभी कॉर्पोरेट और एजेंसियों को आमंत्रित करते हुए एक पोस्टर का विमोचन भी किया